जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक चली बैठक के बाद बताया गया कि राजस्थान इस मामले को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है और यहां स्थिति नियंत्रण में है

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होली के त्यौहार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा इधर कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध क्षेत्रों में घर घर सर्वे का काम शुरू किया है चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित क्मार सिंह ने कल अधिकारियों की बैठक ॅलेकर कोरोना वायरस नियंत्रण गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए

गौरतलब है कि प्रदेश में सिर्फ इटली से आये एक दम्पत्ति में ही कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है

रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि बैंको में जमा राशि सुरक्षित है क्योंकि आरबीआई सभी बैंको की गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार निगरानी रखता है उसने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गो में बैंकों की बाजार प्रंजी के आधार पर उनकी ऋण शोधन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है इधर यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को कल शाम मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया

शाम के समय होलिका दहन किया जायेगा वहीं कल धुलण्डी पर रंगों के साथ होली खेली जायेगी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने होली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों से अपील की है कि सदभावना और भाईचारे के साथ रंगो के त्यौहार का आनंद लें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी परम्परागत रूप से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है भरतपुर के बुज क्षेत्र में होली को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है वहां चंग की थाप और ढोलक की धमक पर फाल्गुन की ध्यम मची हुई है बीकानेर में रंगों के त्यौहार होली की अलग ही ध्म है वहां होलाअष्टक के शुरू होते ही विभिन्न मोहल्लों में थम्ब पूजन परम्परा के साथ ही होली का उल्लास शुरू हो जाता है वहां परम्परागत रूप से लोकनाट्य रम्मतें खेली जा रही है

करौली में रियासत कालीन सुरोठ मेला आयोजित किया जा रहा है जिसमें बडी संख्या में लोग शामिल हो रहे है बंदी में ब्रज की होली की तरह फागोत्सव खेला जा रहा है वहां के प्रसिद्ध चारभुजानाथ मंदिर में आज ठाकुर जी को गुलाल लगाकर होली खेली गई जालोर में होलिका दहन पर परम्परागत इलोजी की बारात निकाली जायेगी वहां पुराने शहर स्थित प्रहलाद चौक पर होलिका दहन किया जायेगा

ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कहा कि ये समूह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है

सरकार इन समूहों की महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रही है बैंकों से आसान कर्ज की सुविधा भी दी जा रही है

प्रमुख तेल निर्यातक सऊदी अरब ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और सहयोगियों के बीच तेल उत्पादन कटौती पर समझौता न हो पाने के कारण कीमतों में कटौती की